दूसरी ओर जिला सोलन के नालागढ़ सोलन तथा जिला शिमला के रामपुर में नगर परिषद क्षेत्रों के रिक्त पदों के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं

इसी कड़ी में सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ शिव कुमार शर्मा ने कल राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में छात्रों को नशा उन्मूलन की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जहां अध्यापकों और अभिभावकों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना होगा वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार के नशे से उनका भला नहीं हो सकता जिले के विभिन्न विद्यालयों में नशा निवारण पर चित्रकला तथा नारा लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई उधर महिला आईटीआई ऊना में उपमंडलाधिकारी ऊना डॉ सुरेश जसवाल ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने पर बल दिया चंबा में व्यापक नशा निवारण अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा दवाइयों की दुकानों की चेकिंग की गई तथा कई स्थानों पर नाके भी लगाए गए पुलिस विभाग ने नशा निवारण अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य विमागों से समन्वय का भी आग्रह किया राज्य के अन्य जिलों में भी नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सोलन जिला के प्रवास पर आ रहे हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुराग सिंह ठाकुर सोलन के शिल्ली स्थित हिमगिरी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव दिवस व वार्षिक उत्सव के मुख्यातिथि होंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मू अभिलेख निदेशालय द्वारा पटवारी मोहाल व पटवारी बंदोबस्त के रिक्त पदों को भरने के लिए आज लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यार्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो वह सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय की वेबसाईट से इसे डाउनलोड करके अपना कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र सहित परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को प्रस्तुत कर परीक्षा में बैठ सकता है

सिरमौर के उपायुक्त डॉ आरकेपरुथी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ने किसानों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है साफ पानी पिलाने में शिमला छठे स्थान पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है साफ पानी की रैकिंग में शिमला टॉप टेन में दैनिक जागरण लिखता है बिजली बोर्ड में भरेंगे दो हजार से अधिक पद

दैनिक भास्कर की सुर्खी है पहली बार रोहतांग टनल से तैंतालिस सवारियों को लेकर निकली हिमाचल रोडवेज की बस आपका फैसला की सुर्खी है रोहतांग सुरंग से लाहुल के लिए शुरू हुई बस सेवा हिमाचल दस्तक की खबर है मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल बदले डॉ मुकुंद नाहन मेजें डॉ पठानिया आईजीएसमसी संभालेंगे